इसके मुताबिक सभी राज्य सरकारों को कानून व व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत बंद के विपक्षी दलों के आह्वान की कड़ी निंदा की है शिमला में कल पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन नहीं है बल्कि विपक्षी दल महज राजनीतिक लाभ के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कल उना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के समूर में भाषा व संस्कृति विभाग के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम और वर्षा जल संग्रहण डैम का निरीक्षण किया

पुरीक्षा प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं किन्हीं अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दी गई हैं विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की उंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो रहा है बर्फबारी व खराब मौसम के चलते क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में अब प्रशासन की मौजूदगी में होंगे शादी समारोह दैनिक जागरण के शब्द हैं शादी वाले घर जाकर समझाएंगे तहसीलदार पंजाब केसरी लिखता है अधिकारियों की निगरानी में होंगे सामाजिक समारोह आपका फैसला के अनुसार सभी उपायुक्त विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों की फील्ड अधिकारियों से प्रतिदिन रिपोर्ट लें रामपुर में शादी में उमड़ी भीड़ दूल्हे के पिता पर केस शीर्षक से अमर उजाला लिखता है डीसी के आदेश पर एसडीएम ने की कार्रवाई किसान आंदोलन पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है हिमाचल व्यापार मंडल का किसान आंदोलन को समर्थन लेकिन बंद से दूर रहेंगे व्यापारी अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल में भी रहेगा बंद का असर बाहरी राज्यों के बस रूट होंगे प्रभवित हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है किसानों के पीछे चल रहा राजनीतिक आंदोलन दैनिक जागरण के मुताबिक हिमाचल में खुले रहेंगे बाजार चलेंगी टैक्सियां और बसें पंजाब केसरी के अनुसार भारत बंद में शामिल नहीं होगा हिमाचल अमर उजाला की एक खबर है फीस पर घमासान के बीच निदेशालय ने तलब किए निजी स्कूलों के प्रिंसिपल

नमस्कार